पहले चरण में टोंक सवाईमाधोपुर अजमेर पाली जोधपुर बाड़मेर जालौर उदयपुर बासंवाड़ा चितौड़गढ़ राजसमंद भीलवाड़ा कोटा और झालावाड़ बारां में मतदान होगा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

दूसरे चरण में श्रीगंगानगर बीकानेर च्रू ज्ञान्न सीकर जयप्र ग्रामीण जयप्र अलवर भरतप्र करौली धौलप्र दौसा और नागौर में मतदान होगा

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लगने से प्रदेश में स्थानान्तरण और नियुक्तियों पर रोक लग गई है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 आनंद कुमार ने बताया कि प्रदेश में स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है

आंध्रप्रदेश ओडिशा सिक्किम और अरूणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ ही कराये जायेंगे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

राजनीतिक दल मतदान को किसी भी तरह की धांधली से मुक्त बनाने के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में दस से तीस प्रतिशत कोन्द्रों पर पुष्टि पर्ची के मिलान की मांग कर रहे हैं मौजूदा समय में मतदान पुष्टि मशीनों का उपयोग सभी मतदान केंद्रों में किया जा रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से इसका मिलान प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक ही मतदान केंद्र पर किया जा रहा है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

मतदाता पर्ची ही पहचान का आधार नहीं मानी जाएगी

सुरक्षा सुत्रों ने बताया कि मुठभेड़ की जगह से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं मारे गए आतंकवादियों की पहचान की जा रही है इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं

उन्हें आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए धन मुहैया कराने के मामले में पूछताछ के लिए ब्रलाया गया है एनआईए ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों और अलगाववादी ग्रंटों को धन मुहैया कराने से संबंधित मामले में पिछले महीने मीरवाइज सहित अलगाववादी नेताओं के परिसरों की तलाशी ली थी एनआईए की जांच में आतंकी गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराने सुरक्षा बलों पर पथराव करने स्कूलों में आग लगाने और सरकारी कार्यालयों को नुकसान पहंचाने में शामिल व्यक्तियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है इन मामलों में गिलानी और मीरवाइज की अगुवाई वाले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गुटों के अलावा पाकिस्तान में सक्रिय जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद और प्रतिबंधित आतंकवादी गुट लश्कर ए तैयबा के नाम दर्ज हैं

अमरीकी प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान में सक्रिय इस आतंकी गुट को संरक्षण देने में चीन का कोई हित नहीं है और विश्व के एक ताकतवर देश के रूप में चीन को आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए उन्होंने कहा कि अमरीका को उम्मीद है कि चीनमसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने में साथ देगा

पुरस्कार पाने वालों में अकाली दल नेता सुखदेव सिंह ढींढसा और जाने माने पत्रकार कुलदीप सिंह नय्यर शामिल थे श्री नय्यर को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है उनकी पत्नी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया श्री ढींढसा को पदम विभूषण से सम्मानित किया गया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

जयपुर में बुधवार को भी पोलियो की दवा घर घर जाकर दी जायेगी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

अलवर के मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी के अनुसार कल पीड़ित बालिका का पोक्सो एक्ट के तहत मेडिकल मुआयना करने के लिए मुंडावर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला डॉक्टर के नहीं होने पर ब्लॉक सीएमएचओ ने आस पास के अस्पतालों में लगी महिला डॉक्टरों को पीड़ित बालिका का मेडिकल कराने के लिए बुलाया तीनों महिला डॉक्टरों ने किसी न किसी कारण से आने से इंकार कर दिया इसके बाद इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए तीनों महिला चिकित्सकों को एपीओ कर दिया गया